सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आज सम्पन्न हो गया

आज लखनऊ वाराणसी आजमगढ इटावा चित्रकूट बागपत मुजफ्फरनगर गौतम बुद्धनगर बिजनौर अमरोहा बदायू एटा मैनपुरी कन्नौज ललितपुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर लखीमपुर खीरी गोंडा और महाराजगंज में वोट डाले गये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये थे इस दौरान पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया कुछ स्थानों पर निर्धारित समय के बाद भी मतदान चलता रहा क्योंकि गर्मी और रमजान के कारण शाम को मतदाता एकदम से केन्द्रों पर उमड़ पड़े प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मतदान के समय सभी एहतियाती उपायों का पालन किया गया इस दौरान सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान मतदाताओं से मास्क और सामाजिक दूरी बनाये रखने का आग्रह करते रहे मतदान केन्द्रों पर मदाताओं के खड़े होने के लिये छह छह फीट की दूरी पर घेरे भी बनाये गये थे

राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश पहले ही जारी कर रखा था प्रदेश पंचायत चुनाव चार चरणों में कराया जा रहा है

प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और लोग किसी प्रकार की अफवाह में न आये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर ऑक्सीजन को कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश की ऑक्सीजन के आवंटन को बढ़ा दिया गया है श्री सहगल ने बताया कि बिजली विभाग को ऑक्सीजन प्लांट में निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं

बैठक में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया केंद्रीय गृह सचिव ने कल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के लिए लिखा था कोविड मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि होती जा रही है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य करते हुए टेस्टिंग की क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है

इसे मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक करोड पचास लाख से अधिक हो गई है

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए

श्री राघवन ने लोगों से डॉक्टर की सलाह मानने और उन्ह रेमडेसिविर देने के लिए बाध्य न करने का आग्रह किया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

इसके बाद कोविड योद्वाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी

इस योजना ने कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्या को चिकित्सोय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में बढ़ते कोराना संकट के कारण आज गोरखपुर झाँसी मेरठ और वाराणसी के जिलाधिकारियों से टेलीफोन पर बात कर जिले में चल रहे कोरोना मरीजों के उपचार और टीकाकरण की जानकारी प्राप्त की राज्यपाल ने कहा कि कोरोना उपचार में प्रयोग होने वाले रेमडसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के सभी उपाय किए जाने चाहिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बची सिंह रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है गौरतलब है कि बची सिंह का कल रात ऋषिकेश में निधन हो गया था वह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे